लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग ब्रथ पर पहुंचने लगे थे मतदाताओं में उपचुनाव को लेकर खास उतना उत्साह नजर नहीं आया यही कारण रहा कि मतदान की धीमी रफ्तार से मतदान प्रतिशत काफी कम नजर आया युवा मतदाताओं ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया तो किसी ने पलायन पानी स्वास्थ्य और शिक्षा को अपना मुद्दा बताया मतदाताओं का कहना है कि विधायक जो भी बने उनकी सोच विकास की और जनता की सेवा की होनी चाहिए दिवंगत प्रकाश पंत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी जिस पर भाजपा ने स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत और कांग्रेस ने अंजू लुंठी को मैदान में उतारा है संविधान दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जारी शुभकामना संदेश में कहा है कि भारत को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्त्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही कर्तव्यों का पालन भी तत्परता से करना चाहिए उन्होंने कहा कि सभी को अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए संवैधानिक निकायों और प्रक्रियाओं में विश्वास करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए उन्होंने कहा कि सभी को हमारे संविधान पर गर्व है और इसमें निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सभी सीएससी संचालकों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि कई किसानों का रजिस्ट्रेशन के बाद भी सम्मान निधि उनके खाते में नहीं पहुंचने की शिकायत मिली है इसके लिए उन्हें सीएससी से अपना आधार कार्ड और बैंक पासब्रक नंबर देकर जानकारी हासिल करनी होगी मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि गलत आधार नंबर या अन्य दस्तावेजों से ऐसा हो सकता है जिसे सही कराने पर निधि संबंधित के खाते में आ जाएगी जिनके आधार कार्ड गलत हैं उनकी सूची तहसीलों को भी भेजी गई है उन्होंने किसानों से अपने राजस्व उपनिरीक्षक से संपर्क कर सही आधार कार्ड दर्ज करवाने को भी कहा है निरीक्षण चमोली चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मिनी औद्योगिक अस्थान कालेश्वर में मिनी औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया उन्होंने इकाइयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी ली कालेश्वर में पिछले कई सालों से उद्यमियों को जमीन आवंटन के बाद भी अभी तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित न करने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र को ऐसे उद्यमियों को तत्काल नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कैरीबैग फ्रूट प्रोसेसिंग बेकरी टायर रेडीमेड गारमेंट कॉस्मेटिक आदि इकाइयों का निरीक्षण कर उनके संचालन में आ रही कठिनाइयों के बारे में बारीकी से जानकारी ली उद्यमियों से विभिन्न उत्पादों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रोडेक्ट की अच्छी ब्रांडिग करने और अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराने को कहा क्षेत्र में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति न होने की समस्या पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही विद्युत विभाग के माध्यम से समस्या का समाधान कराया जाएगा

इनमें से कुछ उद्यमी ही इकाइयां संचालित कर रहे हैं प्लास्टिक बैन हरिद्वार को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है धर्म नगरी हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर जिला प्रशासन ने प्लास्टिक प्ररी तरह बैन कर दिया है श्रद्वालुओं को गंगा जल ले जाने के लिए अब स्टील या सिल्वर के बर्तन का प्रयोग करना होगा हरकी पैड़ी पर बिक रही प्लास्टिक की कैन को नगर आयुक्त ने जब्त करने काम भी शुरू कर दिया है नगर आयुक्त उदय सिंह राणा का कहना है कि लगातार प्लास्टिक को रोकने के लिए छापेमारी की जाती है और अब प्लास्टिक के बड़े गोदामों पर छापेमारी करेंगे

लक्ष्य सेन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में प्ररूष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है

तीन महीनों में लक्ष्य का यह चौथा खिताब है लक्ष्य कल से लखनऊ में शुरू हो रही सैय्यद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी भाग लेंगे जागरूकता शिविर पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होमस्टे योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जनपदों के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को इन योजनाओं के विषय में बताया जाएगा राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना है उन्होंने कहा कि इन दोनों ही स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी और ऋण का प्रावधान किया गया है

पर्यटन सचिव ने कहा यदि स्थानीय लोग अपने घरों को होमस्टे के रूप में पंजीकृत करवाते हैं या अपनी भूमि पर नया होमस्टे बनवाते हैं या फिर प्राने मकान का जीर्णोद्वार कर उसे होमस्टे के रूप में चलाते हैं तो इससे द्रस्थ क्षेत्रों में स्थानीय पर्यटन अवसंरचनाओं की भरपाई होगी इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा

इन योजनाओं की उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जाने के लिए जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है निलंबन चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने तहसील घाट में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत मनवीर सिंह पंवार को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबन की अवधि में कनिष्ठ सहायक मनवीर सिंह पंवार को तहसील मुख्यालय चमोली में सम्बद्व किया गया है जिलाधिकारी ने कनिष्ठ सहायक के विरूद्व जांच के लिए उप जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र तैयार करने को कहा है ओंकारेश्वर मंदिर पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विधि विधान के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मन्दिर में विराजमान हो गई है डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मन्दिर में विराजमान होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत औद्यौगिक सलाहकार डॉ केएस पंवार सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डोली के दर्शन और पूजा अर्चना की डोली आगमन पर ऊखीमठ में भव्य मेले का आयोजन किया गया इसी के साथ भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा का विधिवत शुभारंभ भी हो गया है